कहा गंगा को स्वच्छ बनाने में आम जनता का सहयोग जरूरी अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मुख्य कार्यक्रम के लिए एफआरआई में सभी तैयारियां पूरी प्रधानमंत्री योग दिवस में भाग लेने के लिए आज रात देहरादून पहुंच रहे हैं

नमो ऐप के जरिये आज छह सौ से अधिक जिलों के किसानों से बातचीत में प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछली यू पी ए सरकार के पांच वर्ष के शासनकाल के मुकाबले एन डी ए सरकार ने कृषि क्षेत्र के लिए दोगुनी बजट राशि का आवंटन किया है

प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार चार मुद्दों पर खास ध्यान दे रही है ये हैं कच्चे माल की लागत कम करना उपज का उचित मूल्य दिलाना किसान की उपज की बर्बादी रोकना और किसानों को आय के वैकल्पिक साधन उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों को मुदा स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध कराये गये हैं ताकि किसानों को मिट्टी के पोषक तत्वों की जानकारी मिल सके

इन दोनों धामों का चयन स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत स्वच्छ आईकन प्लेस के लिए किया गया है

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी चौथे अंतरराष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर कल एफआर आई में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे

भाग लेने वालों में स्कूलों के विद्यार्थी अर्धसैनिकों बलों के कर्मी और सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ स्वयंसेवक शामिल होंगे इस राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज रात देहरादून पहुंच रहे हैं प्रधानमंत्री के आगमन को देखते हुए सुरक्षा के कड़े इंतेजाम किए गए हैं एफआरआई के आसपास यातायात जाम से निपटने के लिए सड़क मार्ग को डायवर्ट किया गया है

कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री उपस्थिति लोगों को संबोधित भी करेंगे एफआरआई में होने वाले मुख्य कार्यक्रम के अतिरिक्त प्रदेश के हर जिले विकास खण्ड और ग्राम पंचायतों में भी योगाभ्यास किया जाएगा योग पार्किंग एफआरआई में कल सुबह आयोजित होने जा रहे योग दिवस कार्यक्रम में आने वाले वाहनों की पार्किंग के लिए पुलिस ने व्यापक इंतजाम किए हैं पुलिस ने एफआरआई और उसके आसपास एक किलोमीटर के दायरे में वाहनों की पार्किंग निर्धारित की है प्रदेश के अपर पुलिस महानिदेशक कानून एवं व्यवस्था अशोक कुमार ने बताया कि हरिद्वार रूड़की और ऋषिकेश से आने वाली बसों के लिए एफआरआई के अंदर ही पार्किंग बनाई गई है जबकि देहरादून शहर की ओर से आने वाली बसें टी एस्टेट और विकासनगर की दिशा से आने वाली बसे दशहरा ग्राउंड में पार्क होंगी छोटे निजी वाहनों के लिए शहीद विवेक गुप्ता चौक के नजदीक पार्किंग तय की गई है इसके साथ ही पुलिस ने योग दिवस कार्यक्रम के बाहर चकराता रोड पर ट्रैफिक डायवर्जन किया है कार्यक्रम में शामिल न होने वाले लोगों के वाहनों के लिए यह डायवर्जन किया गया है